मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश के राजस्व में जीएसटी सहित अन्य मदों में हुई है काफी वृद्धि नीति आयोग ने नवभारत निर्माण योजना के व्यापक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज किये जारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सुधार और उद्यमिता सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए होने चाहिएं लोकसभा में कल किराये की कोख यानी सरोगेसी नियमन विघेयक दो हजार सोलह हंगामे के बीच हो गया पारित

विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पटल पर रखा इस बीच समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कल का सरकारी कार्य निपटाने के बाद सदन को आज ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दिया वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि पूरक बजट में ऊर्जा किसानों तथा चिकित्सा क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिये धन का आवंटन किया गया है हमारी योजनाएं जो जनहित की है वह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अन्पूरक बजट लाने का जो है प्रस्ताव लेना पड़ा और इसीलिए यह अनुपूरक बजट का प्रस्ताव जो है वह आज सदन के समक्ष रखा गया

पंचायती राज के किसानों के लिये बहुत आवश्यक है

बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन गये हैं कही पर जमीन खरीद ली गई है खाली इंफ्रास्ट्रेक्चर को खड़ा करने की बात है तो हम जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहे है उन सारे मेडिकल कॉलेज के लिये और विशेषकर माननीय अटल जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज है वह उन सब कॉलेजों के लिये भी हमने टोकर पैसा दिया है इससे पहले कल सुबह सदन शुरू होते ही एकजुट विपक्ष प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और किसानों की मांगों को लेकर चर्चा कराने की मांग करने लगा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार अनुरोध के बाद भी जब सदस्य अपनी सीटों पर वापस नहीं गये तो उन्होंने पहले तीस मिनट तथा बाद में बारह बजकर बीस मिनट तक के लिये सदन को स्थगित कर दिया विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नप्रहर नहीं हो सका उधर विधान परिषद में भी कानून व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच वित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिये द्वितीय अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत किया गया सभापति रमेश यादव के अनुरोध के बाद भी जब सदन व्यवस्थित नहीं हुआ और नारेबाजी जारी रही तो सभापति ने सदन को आज पूर्वान्ह ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विधानमंडल से पारित हुई बजट की धनराशि में से एक बड़ा भाग विभागों द्वारा खर्च कर लिया गया है जिसके चलते प्रदेश में युद्वस्तर पर विकास कार्य चल रहे हैं श्री योगी कल अनुपूरक बजट के बाद सदन के बाहर सेन्ट्रल हाल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे

हमारा प्रयास है कि हम बजट सत्र फरवरी में अपना सम्पन्न कर लेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के राजस्व में काफी वृद्वि हुई है कई विभागों में लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान प्रदेश में राजस्व में भी काफी वृद्धि की है

नीति आयोग ने नवभारत निर्माण योजना को व्यापक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज जारी किए इसमें भारत की स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के विकास लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कल नई दिल्ली में इसका विमोचन करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग के नए दस्तावेज में त्वरित विकास और सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया है हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जहां भारत को प्रगतिशील बनाने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में निजी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया जाएगा जहां पर निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं है वहां सरकार प्ररक के तौर पर काम करेगी सरकार के और राज्यों के संसाधनों का इस्तेमाल करके बेहतर आधारभूत द्वांचों बेहतर शहर बेहतर स्वास्थ्य सुवधियएं और बेहतर रिक्षा सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि गरीब गरीब से व्यक्ति तक इन संसाधनों का लाभ पहुंच सके नए दस्तावेज में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की बात कही गई है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल नीतियों के निर्माण और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वास्ते कृषि प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है लोकसभा में कल किराये की कोख यानी सरोगेसी नियमन विधेयक दो हजार सोलह हंगामे के बीच पारित हो गया विधेयक का उद्देश्य व्यापार की नीयत से कोख को किराए पर देने की प्रक्रिया और इससे संबंधित अनैतिक कार्यो पर रोक लगाना है विधेयक में राष्ट्रीय स्तर और राज्यों में सरोगेसी बोर्ड के गठन और इसके नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है विधेयक में केवल उन्हीं दम्पतियों को कोख किराए पर लेने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं ऐसे दम्पति का पांच वर्ष का शादीशुदा होना और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है विवेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को व्यावसायिक तौर पर किराए की कोख का एक केंद्र माना जाता रहा है उन्होंने कहा कि इस धारणा को बदलने की जरूरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलन्दशहर जिले में पिछले तीन दिसम्बर को गोकशी के बाद भड़की हिंसा को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हए कहा है कि सरकार की त्वरित कार्रवाई ने राज्य को साम्प्रदायिक हिंसा में झलसने से बचा लिया श्री योगी कल विधानसभा के सेन्ट्रल हाल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बुलन्दशहर की घटना उन्हीं ताकतों का काम था जिन्होंने जहरीली शराब काण्ड को अंजाम दिया था उन्होंने विपक्ष की बुलन्दशहर मामले पर नियम तीन सौ ग्यारह के तहत चर्चा कराने की मांग को बेजा बताते हए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुददा नहीं है और अपनी विफलता छिपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहा है उधर बुलन्दशहर हिंसा के मामले में कल नामजद चार और अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया वहीं एक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया पांचों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खाँ और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर कल प्रदेश भर में उन्हें श्रद्वापूर्वक स्मरण किया गया कल ही के दिन सन् उन्नीस सौ सत्ताईस में देश के तीनों वीर सपूतों को फांसी दे दी गयी थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखप्र की जेल में अशफाक्ल्लाह खाँ को फैजाबाद की जिला जेल में और ठाक्र रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गयी थी